प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से थोड़ी देर पहले सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से बैठक कर कोरोना संकमण से लडने की तैयारियों की समीक्षा की इसका उद्देष्य कोरोना वायरस के खिलाफ देष के संघर्ष को एकजुट बनाना और इस दिषा में किये जा रहे प्रयासों को धार देना है इस दौरान अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने यहां कोरोना को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी दी मौके पर प्रधानमंत्री के साथ स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्द्वन गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हिस्सा लिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य सरकार बहुत जल्द प्रत्येक पंचायत में सी एम किचन खोलने जा रही है जिससे झारखंड का कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे आज अपने ट्विटर संदेष में श्री सोरेन ने कहा कि कोरोना की आपदा को रोकने और लोगों की सुरक्षा को लेकर सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं र्दने और घरों में सुरक्षित रहने की अपील की है

झारखंड सरकार ने इस संकट की घड़ी में जरूरतमंदों की मदद के लिए आपात नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है जो दिन रात काम करेगा

लॉकडाउन के आठवें दिन के बाद देश के विभिन्न भागों में फंसे लोगों को मदद पहंचाने के लिए दल के पास लगभग सोलह हजार चार सौ पैंतीस कॉल आए राज्य सरकार ने सरकारी अधिकारियों के माध्यम से छह लाख उनतीस हजार फंसे और जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाई और उन्हें चिकित्सा सहायता भोजन और आश्रय प्रदान किया चतरा जिले में कोरोना को लेकर लॉक डाउन के बीच दिहाड़ी मजदूरों और जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रषासन काम कर रहा है चतरा के उपायुक्त जितेंद्र कुमार सिंह के निर्देश पर दाल भात केंद्रों की संख्या बढ़ा दी गयी है

इसके अलावा प्रशिक्षण भवन परिसर में जिला प्रशासन और ग्रामीण विकास विभाग के जेएसएमपीएस के संयुक्त प्रयास से गरीब परिवारों के लिए खाद्य सामग्रियों की पैकिंग की जा रही है रामगढ़ जिला प्रषासन ने लॉकडाउन के दौरान दो ट्रक और एक कंटेनर में सवार होकर मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश जा रहे करीब दो सौ लोगों को पकड़ा है इन सभी लोगों को पटेल छात्रावास में बनाए गए शेल्टर होम में रखा गया है दोनों ट्रकों और कंटेनर को जब्त कर चालक और खलासी के खिलाफ रामगढ थाने में मामला दर्ज किया गया है

मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने बताया कि इस बारे में सीबीएसई को सलाह दे दी गई है उन्होंने बताया कि बाकी के विषयों के लिए सीबीएसई बोर्ड परीक्षाएं नहीं लेगा परीक्षा के मूल्यांकन के लिए जल्दी ही निर्देश जारी किये जाएंगे

नौवीं और ग्यारहवीं के छात्रों को भी स्कूल आधारित मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा के लिए उतीर्ण मान लिया जाएगा स्कूल आधारित परीक्षा में छात्र ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से भाग ले सकते हैं

कल देर रात तक प्रशासन ने सभी लोगों को ढूंढ निकाला और उन्हें क्वारेंटीन में रहने के सख्त निर्देश दिए हैं

इधर तबलीगी जमात से लौटे कोडरमा के एक युवक और बिहार के बख्तियारपुर के रहने वाले एक अन्य युवक को सदर अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है

झारखंड में दो दिन पहले कोरोना मरीज मिलने के बाद प्रषासन ने सख्ती बढ़ा दी है बुंडू थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा से गुजरने वाले सभी वाहनों की सघन जांच की जा रही है वहीं बाइक सवार लोगों को भी हिदायत देकर घर वापस जाने को कहा जा रहा है जरूरी सेवाओं से संबंधित आने जाने वाले ट्रकों को ही पास दिया जा रहा है प्रत्येक चौक चौराहे और टोल प्लाजा में मजिस्ट्रेट की भी तैनाती की गई है

इन सभी को जांच कराने के बाद पार्ट टाइम कोरेंटाईन सेंटर भेज दिया गया है बताया गया है कि प्रारंभिक जांच में कोई भी कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया है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 भारतीय खाद्य निगम एफसीआई लॉकडाउन के दौरान देशभर में गेहूं और चावल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहा है

एफसीआई देशभर में गेहूं और चावल की आपूर्ति में तेजी लाकर विशेष रूप से रेलवे के माध्यम से अनाज की बढ़ती मांग पूरी कर सकती है

कल से होले वाली पूरे झारखंड में एसएफसी गोदाम के मजदूरों की हड़ताल को खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ रामेश्वर उराव और श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता के आश्वासन पर स्थगित कर दी गयी है इंटक के राष्ट्रीय सचिव और खाद्य आपूर्ति विभाग मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सोनी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी

झारखंड के पुलिस महानिदेषक एमवी राव ने कोरोना को लेकर सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को सख्ती बढ़ाने का निर्देष दिया है श्री राव ने अपने ट्वीट संदेष में कहा है कि किसी भी मंडली या सामुदायिक पूजा की अनुमति नहीं दी गयी है उन्होंने कहा है कि रामनवमी का जुलूस नहीं निकालने का फैसला पूर्व में ही प्रषासन और विभिन्न अखाड़ों की बैठकों में लिया गया था कोरोना संकट को देखते हुए सारे कार्यक्रम स्थगित रखे गए हैं और अब संक्षिप्त खबरें रांची से लौटे राजमहल के दो दर्जन से अधिक मजदूरों को साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड स्थित आईटीआई भवन में क्वारेंटिन किया गया है

पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा रेड क्रॉस भवन में बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर की पैकिंग की जा रही है रेड क्रॉस के महासचिव विजय कुमार सिंह ने बताया कि यह सैनिटाइजर एनआइटी जमशेदपुर द्वारा तैयार किया गया है प्रतिदिन तीन हजार के लगभग सैनिटाइजर को बोतल में पैक कर पुनः जिला प्रशासन को भेजा जाता है सिमडेगा जिले के उपायुक्त ने किसी घर या धार्मिक स्थल में प्रषासन को बिना सूचना दिये बाहरी लोगों को रर्ख जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का निर्देष पदाधिकारियों को दिया है वहीं लोगों की सुविधा के लिए प्रषासन ने मोटर रिपेयरिंग सेंटर ढाबा मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र खोलने का निर्देष दिया है सिमडेगा जिले के कुरडेगा थाना क्षेत्र स्थित महुआडीह गांव में आज सुबह महुआ चुनने को लेकर हुए विवाद में एक महिला सहित चार लोगों की हत्या कर दी गयी मृतकों में एक पक्ष से पिता पुत्र तथा दूसरे पक्ष से मां और पुत्र शामिल है पुलिस मामले की छानबीन करते हुए कार्रवाई कर रही है राजधानी रांची सहित राज्यभर में रामनवमी का त्योहार आज सादगी से मनाया जा रहा है कोरोना को लेकर जारी लॉकडाउन के कारण इस बार कहीं भी जूलुस नहीं निकलेगा लोग घरों में ही भगवान राम और हनुमान की पूजा अर्चना कर रहे हैं रांची स्थित तपोवन मंदिर का मुख्य द्वार आज बंद रहेगा और श्रद्वालुओं के प्रवेष पर रोक लगा दी गयी है रामनवमी अखाड़े से जुड़े विभिन्न संगठनों ने लोगों से घर से बाहर नहीं निकलने और घरों में ही पूजा अर्चना कर पताका लगाने का आग्रह किया है

इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्विट कर लोगों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने ट्विट में कहा है कि भगवान राम का आदर्श जीवन हमें सदगुण सहिष्णुता उत्साह और मित्रता का संदेश देता है उन्होंने कहा कि हमें श्रीराम के आदर्शो पर चलने का संकल्प लेना चाहिए तथा एक गौरवशाली भारत का निर्माण करना चाहिए